पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार का समय घटाया आज रात दस बजे के बाद कोई चुनाव प्रचार नहीं होगा

मुलाकात के बाद संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि वे यहां कोई राजनीति करने नहीं आये है और यह उनके लिये राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक मुद्दा है उन्होंने एक सवाल के जवाब में स्पष्ट रूप से कहा कि पीडिता को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा

उन्होंने अलवर को बेहद संवेदनशील जिला बताते हुए कहा कि यहां पुलिस व्यवस्था को और भी मजबूत बनाया जायेगा उन्होंने पीडिता को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन भी दिया

अब वहां आज रात दस बजे के बाद कोई चुनाव प्रचार नहीं कर सकेगा मंगलवार को कोलकता में हुई हिंसा के बाद आयोग ने ये निर्णय लिया

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी ने चुनाव आयोग के इस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है गौरतलब है कि मंगलवार को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव रैली और रोड शो के दौरान हिंसा भडक उठी थी और प्रसिद्व समाज सुधारक ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की मूर्ति को तोड दिया गया था

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोलकता में अमित शाह के रोड शो के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया

जिला निर्वाचन अधिकारियों और कार्मिको को मतगणना का प्रशिक्षण दिया जा रहा है यह प्रशिक्षण कल तक चलेगा इसमें ईवीएम वीवीपैट और डाक मतपत्रों की होने वाली मतगणना और उसकी रिपोर्ट तैयार करने के बारे में बताया जा रहा है

मुठभेड़ में एक सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो गया और दो अन्य घायल हुए हैं डालीपोरा गांव में एक आतंकवादी मौजूद होने की खबर मिलने के बाद सुरक्षाबलों की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई

इस दौरान पश्चिमी राजस्थान में अगले दो दिन तक यही स्थिति बनी रहेगी प्रदेश में कल भी कई जगह धूलभरी आंधी चली और बारिश हई

इसके कारण कच्चे मकानों के छप्पर उड गये और बिजली के पोल गिर गये नागौर के समीप चिनार में एक टैंट का पाईप गिर जाने से एक बच्चा घायल भी हो गया बाडमेर में कल रात आंधी के साथ बारिश होने के कारण कई स्थानों पर पेड और बिजली के खम्मे गिर गये जिससे बिजली आपूर्ति देररात तक बंद रही चूरू में भी आज सवेरे बारिश हुई आस पास के गांवों में अच्छी बारिश की वजह से जोहड और टांकों में पानी आने से लोगों को राहत मिली है